बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने पर मोहर लग सकती है

इसके लिए विचार और सुझाव नरेन्द्र मोदी ऐप माई गोव ओपन फोरम पर मेजे जा सकते हैं

रोबोट सर्जरी नई दिल्ली स्थित सर गंगा राम अस्पताल में रोबोट सर्जरी के कंस्लटेंट व समन्वयक हिमाचल के रोबोट सर्जन डॉक्टर विवेक बिंदल ने बच्चे के पेट से ट्यूमर निकालकर उसे जीवनदान दिया है विवेक बिंदल का दावा है कि भारत में ऐसा ये पहला मामला था उन्होंने बताया कि टैनिस बॉल के आकार का ये ट्यूमर खुली शल्य चिकित्सा की बजाय रोबोट सर्जरी से निकाला गया ये अपनी तरह का बेहद जटिल ऑपरेशन होता है डॉक्टर विवेक बिंदल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल के पुत्र हैं

संवाद केंद्र शिमला के प्रमुख दलेल सिंह ठाकुर ने बताया कि वन व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की अध्यक्षता समाचार एजैंसी पीटीआई के ब्यूरो चीफ प्रकाश चंद लोमी करेंगे

निगम नगर निगम शिमला के आयुक्त रोहित जमवाल ने शहर के लोगों से पेयजल किफायत से उपयोग करने की सलाह दी है एक प्रैस बयान में उन्होंने कहा है कि पेयजल स्रोतों में पानी कम होने से रोज़ाना पेयजल आपूर्ति भी कम होती जा रही है उन्होंने लोगों को सूखे जैसी इस स्थिति में जल संकमण के खतरे से बचने के लिए पानी उबालकर प्रयोग करने की अपील की है रेणुका सिरमौर ज़िला के ऐतिहासिक तीर्थ स्थल श्री रेणुका जी पर जल्द ही वैबसाईट तैयार की जाएगी ताकि देश विदेश के पर्यटक इस तीर्थ स्थल के महत्व के बारे में जानकारी हासिल कर सकें उपायुक्त ललित जैन ने नाहन में श्री रेणुका जी विकास बोर्ड की नई कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस स्थल में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए इसके विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर केरल में फैले निपाह वायरस को लेकर हिमाचल में अलर्ट संबंधी खबरें आज अधिकांश समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं पंजाब केसरी की सुर्खी है निपाह वायरस से बचाव को हिमाचल भी अलर्ट अमर उजाला का शीर्षक है सिरमौर में सैकड़ों चमगादड़ों की मौत निपाह वायरस का खतरा दैनिक जागरण के शब्द हैं निपाह वायरस पर हिमाचल में अलर्ट आपका फैसला के अनुसार स्कूल में मृत मिले सैकड़ों चमगादड़ फैली दहशत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा द रिट्रीट में एट होम के आयोजन संबधी खबरें भी सभी समाचार पत्रों में सचित्र प्रकाशित हुई हैं

हमीरपुर चयन आयोग का डाटा लीक शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है बिहार में बैठे शातिरों ने एग्जाम प्रोसेस से पहले ही अभ्यर्थी को भेज दिया सिलेक्ट होने का मैसेज दैनिक भास्कर की एक खबर है टेंडरों में अनियमितता के आरोपी लोक निर्माण विभाग के सात एक्सईएन चार्जशीट हाईकोर्ट के आदेशों के बाद शुरू हुई थी जांच सीजीएल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले पर दैनिक जागरण की सुर्खी है सीबीआई ने शिमला में कई जगह दी दबिश हिमाचल दस्तक की एक खबर है क्लास थ्री कर्मचारियों को भी मिलेगा वर्कचार्ज स्टेटस हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले पर लगाई मोहर मनी लांड्रिंग मामले से जुड़ी खबर पर आपका फैसला के शब्द हैं वीरभद्र सिंह को कोर्ट से मिली बड़ी राहत दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पेशी से दी परमानेंट छूट

जबकि पंजाब केसरी के शब्द हैं कसौली गोलीकांड रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल में आज चर्चा संभव

अजीत समाचार के मुताबिक हिमाचल के मैदानी हिस्सों में लू चलने की चेतावनी अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय पानी का संकट में लिखता है कि पेयजल किल्लत दूर करने के लिए सरकार की तरफ देखने से बेहतर है कि लोग खुद जागरूक हों और समस्या का हल निकालने में मदद करें आपका फैसला ने अपने संपादकीय में लिखा है कि कुल्लू की बेटी प्रतिभा जम्वाल ने समुद्री रास्ते से दुनिया का चक्कर लगाकर एक बार फिर साबित कर दिया है कि बेटियां किसी से कम नहीं शीर्षक है बुलंदी पर बेटियां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

नमस्कार